इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विज्ञान का जीवन के हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने कहा कि डिफेंस स्पेस रिसर्च जैसे तकनीकी विषयों में भारत मं काफी कार्य हो रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई महत्वपूर्ण साइंस इंस्टीट्यूट स्थापित है और विज्ञान महोत्सव के दौरान वहां होने वाले विभिन्न कार्यकमों का लाभ महोत्सव में भाग लेने आये देश विदेश के वैज्ञानिकों को मिलेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पहली बार हो रहे अतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि भारत के परम्परागत ज्ञान और संस्कृति ने विश्व में देश की एक अलग पहचान बनाई है उन्होंने कहा बाइट हम भारत के उस परम्परागत ज्ञान के माध्यम से विज्ञान की ऊंचाईयों को प्राप्त करेंगे जो आज विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने उस के माध्यम से दुनिया का मार्गदर्शन किया है दुनिया को एक दिशा दी है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में वूमेन हेत्थ वैलनेस एंड एम्पावरमेंट विषय पर आयोजित अतंर्राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि गर्भवती महिलायें और नवजात बच्चे सशक्त राष्ट्र की नींव होते हैं

हमारे बहुत से देशवासियों को सरकार द्वारा या आपकी संस्था जैसी अनेक संस्थाओं द्वारा उनके लाभ के लिए किए जा रहे कार्यो के बारे में जानकारी ही नहीं होती है इसलिए ये हम सबकी हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे तपकों तक उनके लाभ और कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्य समूह की ठीक ठीक जानकारी पहुंचे श्री कोविंद ने कहा कि मिशन इन्द्रधनुष के तहत पचासी लाख गर्भवर्ती महिलाओं और सवा तीन करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया है राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग डेढ़ लाख हेल्थ एंड वैलनेस सेन्टर ने माताओं और शिशुओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का भी प्रावधान है चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्रतिभा विकास परिषद की संगोष्ठी में भाग लेते हुए श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए मूल्यपरक शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से दुनिया को प्रेम और संस्कृति का संदेश दिया है राष्ट्रपति ने अपने कानपुर दौरे के दौरान नवल कस्बे में स्वतंत्रता सेनानी कवि श्यामलाल पार्षद की प्रतिमा का अनावरण और साथ ही एक पुस्तकालय और पार्षद जी के नाम पर बने एक प्रवेश द्वार का भी लोकार्पण किया भारत और रूस ने हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है और निर्णायक और सामूहिक तरीके से बिना किसी दोहरे मानदंड के बगैर आतंकवाद के खात्मे की जरूरत दोहराई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल नई दिल्ली में हुए वार्ता के बाद जारो संयुक्त वक्तव्य में दोनो पक्ष आतंकी नेटवर्क उनके वित्तीय पोषण के स्रोतों को समाप्त करने और आतंकी विचारधारा दुष्प्रचार और भर्ती पर काबू पाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए हैं भारत और रूस ने अफगानिस्तान की सरकार के नेतृत्व म और वहां की राष्ट्रीय शांति सुलह सफाई प्रक्रिया को निर्णायक बनाने में वहां की सरकार का समर्थन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में उज्जवल सितारे के रूप म उभर रहा है श्री मोदी ने कहा भारत एक चमकते हुए सितारे की तरफ उभर रहा है इसको और गति देने के लिए हमारी सरकार रिफॉर्म की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ा रही है रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रान्सफार्म के मंत्र पर चलते हुए हर सेक्टर में आवश्यक बदलाव किये जा रहे हैं उन्हें मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं पिछले चार सालों में किये गये स्ट्रेक्चरल रिफॉर्मस और उसी का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है नई दिल्ली में कल भारत रूस व्यापार शिखर बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हमारे दश की प्रगति में रूस एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भागीदार है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में कई सधार किए हैं श्री मोदी ने बताया आपको पता ही हैं कि विश्व की आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है ऐसे में हमारी सरकार देश एक सौ पचीस करोड़ लोगों की आशा आकांक्षा उसके अनुरूप उनकी इज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है हम एक न्यू इंडिया का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके सरकार यह भी मानती है कि इस काम को हमें जल्दी से जल्दी करना है दोनों देशों ने सैन्य तकनीकी सहयोग की जारी परियोजनाओं में हुइ महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया उन्होंने दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और संयुक्त अनुसंधान की दिशा में हुए अनुकूल परिवर्तन के महत्व को स्वीकार किया

उन्होंने व्यापार रेलवे परमाणु क्षेत्र और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से संबंधित समझौतों पर भी दस्तखत किये वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि चालूखाता घाटे को कम करने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ और उपाय किये जा रहे हैं श्री जेटलो ने आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन में कहा कि अगले दस से बीस वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अपार अवसर होंगे उन्होंन कहा कि अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रायें डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ रही हैं और ऐसा दुनियाभर में हो रहा है श्री जेटली ने कहा कि यह निश्चित है कि भारत मौजूदा वृद्धि दर को अगले एक दो दशक तक बनाये रखने में सक्षम है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि पन्द्रह दिसम्बर दो हजार अट्ठारह के बाद गंगा नदी में नालों का पानी नहीं गिरना चाहिए उन्होंने कानपुर की टेनरियों की शिफ्टिंग और निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यो को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये हैं

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पिता श्यामलाल मौर्य का आज शाम लखनऊ में निधन हो गया वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे तथा उनका राम मनोहर लोहिया आयूर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में इलाज चल रहा था